कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ वर्षा की जतायी संभावना एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय मंत्री समूह ने कल नई दिल्ली में कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न ताजा स्थिति और इसकी रोकथाम तथा प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षक्धन ने की नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक में हिस्सा लिया मंत्री समूह ने फिर कहा है कि यात्रा परामर्श के अन्सार चीन हांगकांग कोरिया गणराज्य जापान इटली थाइलैण्ड सिंगाप्र ईरान मलेशिया फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा कर चुके लोगों को भारत पहुंचने की तारीख से चौदह दिन तक खुद ही क्वॉरेन्टीन में अलग थलग रहना चाहिए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण सावधानियों और हेल्प लाइन नंबर जारी करने के लिए मंत्री समूह को जानकारी दी उन्होंने यह बताया कि बारह देशों से आने वाली उडानों के यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है मंत्रिमंडल सचिव ने भी संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की बैठक की जिसमें सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन के साठ मामलों की पृष्टि हो चुकी है इनमें केरल के वे तीन मामले भी शामिल हैं जिनमें रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है इस वायरस के दस नर्य मामलों का पता चला है जिनमें से आठ केरल से और एक एक राजस्थान तथा दिल्ली से है समी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समी सार्वजनिक वाहनों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त करने के उपाय करने को कहा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन से बचाव के कई उपाए सुझाए हैं लोगों से कहा गया है कि वे बड़े समागमों से दूर रहें लोगों की सलाह दी गई है कि वे हाथ धोकर ही अपनी आंख नाक या मुंह को छूए हाथों को बार बार साबुन या अन्य रसायनों से धोने की सलाह दी गई है

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार ईरान में फंसे समी भारतीयों की सुरक्षा और उचित स्वास्थ्य जांच के बाद स्वदेश वापसी को वचनबद्ध है कल राज्यसभा में विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि नोवल कोरोना वायरस कोविड नाईीन्टीन के फैलने को लेकर सरकार लगातार चौकसी बरत रही है

हम वहां रोष बचे भारतीयों के परीक्षण के बाद उन्हें जल्द वापस लाने के लिए कृष्ठ सीनित व्यावसायिक उद्गानें संचालित करने के लिए ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क में है विदेश मंत्री ने कहा कि उच्च अधिकार प्राप्त मंत्री समूह और मंत्रिमंडल सचिव स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस संबंध में सभी घटनाक्रम और कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उन्हें नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी में शामिल किया इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा कि भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी गृहमंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन लोगों ने उन्हें जनसेवा के लिए मंच उपलब्ध कराया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस अपनी ही द्निया में है और वह अब प्रानी कांग्रेस नहीं रह गई है मन व्यक्षीत है और मन दुखी मी है क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है मैं यह कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लस्प की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही और इसके अतिरिक्त कर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में हैं वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी श्री सिंधिया का स्वागत करते हए श्री नड्डा ने उनकी दादी और भाजपा की संस्थापक विजया राजे सिंधिया का उल्लेख किया और कहा कि सिंधिया अपने परिवार में वापस आए हैं ज्योतिरादित्य जी का आना अपना स्थान और अपना नेतृत्व और नेतृत्व की प्रखरता उन सबसे हम वाकिय है लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विवास्वारा में हम मानते हैं कि यह परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो सामिल हो रहे हैं इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्यघारा में काम करने का सौमाग्य मिलेगा विगत मंगलवार को श्री सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा था

कल मेरठ में पश्मिांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय में चौदह जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के पास पर्याप्त बिजली है और गांव व शहरी क्षेत्रों में सहीं ढंग से बिजली आपूर्ति की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की सहलियत के लिए सरकार किसान आसान किस्त योजना के अन्तर्गत किसानों का सरचार्ज माफ कर रही है इस योजना में किसान चौबीस आसान किस्तों में अपना बकाया जमा कर सकते हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा हब का भी उद्घाटन करेंगे जिसकी घोषणा हाल में पेश किये गये बजट में गई है

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों की लखनऊ प्रशासन द्वारा होर्डिंग लगाये जाने के मामले में प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होगी गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने प्रशासन से आरोपियों की तस्वीर वाली होर्डिंग हटाने को कहा था जिस पर प्रशासन ने स्प्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए इन सभी चिकित्सकों को प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जायेगा वे कल बस्ती में जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोम के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है मौसम विभाग ने आज से आने वाले चार दिनों तक तेज हवाओं के साथ वर्षा की सम्मावना जतायी है मौसम विभाग ने कानपुर फतेहपुर प्रतापगढ़ और रायबरेली सहित कई स्थानों पर वर्षा और ओलोवृष्टि की संमावना व्यक्त की है लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में बीते चौबीस घंटे के अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पन्द्रह डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया वातावरण में नमी लगभग साठ प्रतिशत के आसपास रही